बर्फबारी से जिले की अंदरूनी सड़कें बंद हो गई हैं और विद्युत आपूर्ति भी बाधित है हमारे चंबा प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले के उंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं उंची चोटियों पर हो रहे हिमपात से शीतलहर बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है

अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण मनीषा नंदा ने कल शिमला में बताया कि इस परियोजना के तहत प्रदेश के राष्ट्रीय उच्च मार्गो के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी

स्पोटर्स मीट केन्द्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि सरकार कम आयु के खिलाड़ियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें प्रशिक्षिण और पोषण देकर विश्व स्तरीय चैंपियन बनाया जा सके नई दिल्ली में कल एक समारोह में उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय आठ से बारह वर्ष आयु के दो करोड़ बच्चों की शारीरिक जांच करवाएगा और इनमें से एक हजार प्रतिभावान बच्चों को प्रशिक्षण के लिये चुना जाएगा

कार्निवाल कुल्लू जिले के मनाली में चल रहे राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में कल पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला और लोक गायक ए सी भारद्वाज ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि कल से विंटर क्वीन प्रतियोगिता का पहला राउंड भी शुरू हो गया है और विभिन्न महिला मंडलों द्वारा पारंपरिक कुल्लूवी परिधान में फैशन शो भी आयोजित किया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने उच्च न्यायालय द्वारा धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द करने और सरकार को इस मामले में पुनर्विचार करने की टिप्पणी को भी प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने की अधिसुचना पर न हो अमल सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करने के दिए आदेश दैनिक भास्कर के शब्द हैं हिमाचल हाईकोर्ट ने जनहित में प्रदेश सरकार को दिया सुझाव धर्मशाला को विंटर केपिटल बनाने के निर्णय पर फिर से विचार करे सरकार दैनिक जागरण का शीर्षक है दूसरी राजधानी के निर्णय पर पुनर्विचार करे सरकार पंजाब केसरी लिखता है धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाने के मुददे पर पुनर्विचार करने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की हैडलाईन है कोर्ट डिस्पोज़िज ऑफ स्टेट्स सैकेंड कैपिटल नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री ने हिमाचल के लिए मांगी एक और महिला बटालियन केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उठाया मामला संबंधी खबर भी लगभग सभी अखबारों में सचित्र प्रकाशित हुई है मोमो चैलेंज गेम पर हिमाचल में अलर्ट शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है शिक्षा विभाग कांगड़ा ने जारी की एडवायज़री

प्रदेश में नए सेशन से सिलेबस का हिस्सा होंगे शतरज म्यूजिक व योग शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने तैयार किया सरकारी स्कूलों का सिलेबस एसएमसी के माध्यम से भरे जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है शिक्षा विभाग ने उप निदेशकों को जारी किए निर्देश मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है चंबा किन्नौर लाहौल के कई क्षेत्रों में हिमपात

आपका फैसला का कहना है कुल्लू जिला में भारी बारिश और हिमपात की चेतावनी अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय में लिखा है कि एक बूटा बेटी के नाम पौधरोपण कार्यक्रम अगर सही ढंग से लागू हुआ तो प्रदेश की आबोहवा तरोताज़ा रहेगी

नमस्कार